संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनो सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही सरकार का उद्देश्य देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारना था

उन्होंने सरकार का लक्ष्य बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गो के लिये समग्रता के साथ काम किया है राष्ट्रपति ने बताया कि विश्व की सबसे बडी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की गई है और इस योजना के तहत चार महीने में दस लाख से ज्यारा लोगों ने इलाज कराया उन्होंने कहा कि आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंची है

उन्होंने कहा कि सरकार तीन तलाक बिल पारित कराने का लगातार प्रयास कर रही है इससे पहले राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन से संसद तक परम्परागत रूप से पूरे राजकीय सम्मान के साथ लाया गया

बजट में समाज के विभिन्न वर्गो से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है इससे पहले बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिये राज्यसभा के सभापती एम वेंकैया नायड़ ने आज सभी दलों की बैठक ब्लाई और उन्हें सहयोग के लिये कहा

बसपा प्रत्याशी जगत सिंह तीसरे स्थान पर रहे हालांकि निर्वाचन विभाग की ओर से अभी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन कांग्रेस पार्टी में अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर हर्ष का माहौल है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों के साथ मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीन लगाई जायेंगी और इनके रिकार्ड पांच वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सत्यापन किया जा सके

चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने कहा कि हाइपरटेंशन मोटापा और शुगर में से किसी को दो बीमारी भी हैं तो भी उनका रियायती दर पर टीकाकरण कराया जायेगा

ट्रेकिंग के दौरान वन कर्मियों को बाघ का शव नजर आया जिसकी अधिकारियों को सूचना दी गई बाघ का शव दो से तीन दिन पुराना होने और अन्य बाघ से संघर्ष होने की आशंका जताई गई है

नगरीय विकास विभाग ने ऐसे आंवटनों की जांच के लिये निकाय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन कर जांच के आदेश दिये है विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने सभी विभाग विकास प्राधिकरण और निकायों के सचिवों को पत्र लिखकर आर्देश दिये है कि इस बात की जांच की जाये कि जिस उद्देश्य से भूमि का आंवटन किया गया था उसका उपयोग उसी के लिये किया जा रहा है अथवा नहीं यदि इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो भूमि का आंवटन तुरंत निरस्त कर दिया जाये समितियों को ये कार्य तीन माह में पुरा करने के निर्देश दिये गये है

सफारी का उददेश्य युवाओ को सेना में भर्ती करने के लिये प्रोत्साहित करना और बेटी बचाओं बेटी पढाओं का संदेश देना था

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बी एल मीणा के नेतृत्व में शहर के रानी बाजार स्थित कई दुकानों पर सर्वे किया गया और मिठाईयों के सैम्पल लिये गये जिन्हें जांच के लिये भेजा गया है